थिम्फू में रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भूटान ने विश्व समुदाय को प्रसन्नता का संदेश दिया है उन्होंने कहा कि प्रसन्नता सौहाई को बढ़ावा देती है और प्रसन्न रहकर विश्व बहत कृछ हासिल कर सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश अब सहयोग के पारम्परिक क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए स्कूल से लेकर अंतरिक्ष तक और डिजिटल भुगतान से लेकर आपदा प्रबंधन तक के नये क्षेत्रो में व्यापक सहयोग करना चाहते हैं और एक अरब तीस करोड़ भारतीय लोग भूटान को उसके भावी प्रयासों और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए तैयार हैं उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि अपना उपग्रह छोड़ने के लिए भूटान के वैज्ञानिक उपग्रह की रूपरेखा तैयार करने के प्रयोजन से भारत आने वाले हैं श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान के कई विद्यार्थी आगे चलकर वैज्ञानिक इंजीनियर और नवप्रवर्तक बनेंगे अजाक्स मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स के प्रांतीय सम्मेलन में आज कहा कि ये सरकार न्याय की सरकार है और हम सुनिश्चित करेंगे कि हर वर्ग को न्याय मिल सके

इस मौके पर अजाक्स के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को एक पैतीस सूत्रीय मांगपत्र सौंपा जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या के आधार पर इस वर्ग के अधिकारियों को पोस्टिंग देने की मांग की गई अदालतों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति और कर्मचारियों के आवास आवंटन में भी जनसंख्या को आधार मानते हए महत्व दिये जाने पर जोर दिया गया इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी गृहमंत्री बाला बच्चन और सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया शामिल हुए नेत्र मंत्री बैठक इंदौर के एक नेत्र चिकित्सालय में मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान ग्यारह मरीजों की आंखों की रोशनी जाने के मामले में आज स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट बैठक ले रहे हैं चौइथराम अस्पताल में बुलाई गई जांच कमेटी की प्रारंभिक रिपोर्ट जानने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त कार्यवाही करने के संकेत दिये हैं श्री सिलावट इससे पहले शंकर नेत्रालय चेन्नई से आये नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर राजीव रमन को लेकर चौइथराम अस्पताल पहुंचे यहां इलाज करा रहे पीड़ित मरीजों का परीक्षण किया गया स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में पांच साल से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारी और अधिकारियों को स्थानांतरित किया जायेगा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

बिजली शिकायत मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं की बिल संबंधित समस्याओं का निराकरण मैदानी स्तर पर तत्काल सुनिश्चित करने को कहा है कंपनी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि मीटर सही होने के बावजूद एवरेज बिल की शिकायत पर सख्त कार्यवाही की जायेगी संकल्प वर्ष राज्य सरकार इस साल प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में युवा संकल्प वर्ष मनाएगी

बीस अगस्त को सभी जिलों में सदभावना दौड़ का आयोजन किया जाएगा

मौसम प्रदेश में बारिश का दौर जारी है दतिया के सेवढ़ा में सिंध नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के समाचार हैं जिला प्रशासन ने क्षेत्र के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है उधर उत्तरप्रदेश के विभिन्न बांधों से छोड़े गये पानी के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है

प्रदेश भर में उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि सभायें आयोजित की जा रही है शहडोल के बैरिहा गांव में करेंट लगने से एक किसान की मौत हो गई